केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि देशभर में गैर कानूनी ढंग से आये लोगों और घुसपैठियों की पहचान की जायेगी और उन्हें वापस भेज दिया जायेगा श्री शाह ने आज राज्यसभा में देश के अन्य हिस्सों में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के बारे में एक पूरक प्रश्न पर कहा देश की इंच इंच जमीन पर अवैध प्रवासी जितने भी रहते हैं घुसपैठिये जितने भी रहते हैं इनको हम आइडेंटीफाई करने वाले हैं और इंटरनेशनल कानून के तहत इनको डिपोट करेंगे उधर राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि सरकार ने देश में गर कानूनी ढंग से रह रहे लोगों और घुसपैठियों की रोकथाम के लिए कई कदम उठाये हैं इनमें अंतराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाना आधुनिक टेक्नोलॉजी और स्मार्ट फ सिंग के माध्यम से सीमा की निगरानी शामिल है उन्होंने कहा कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुरूप प्रकाशित किया जायेगा रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि भारत और चीन सीमा क्षेत्र में शांति बनाये रखने के लिए द्विपक्षीय समझौते का सम्मान कर रहे हैं श्री सिंह आज लोकसभा में छह जुलाई को दलाईलामा के जन्मदिन पर चीनी नागरिकों के वास्तविक नियंत्रण रेखा पार कर डेमचोक सेक्टर में आ जाने के मामले पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के आरोपों का जवाब दे रहे थे रक्षामंत्री ने कहा कि डोकलाम में भारत और चीन की सेनाओं के बीच कोई तनाव नहीं है

रक्षामंत्री ने बताया कि पिछले साल अप्रैल में शिखर वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति षी जिनपिंग न दोनों देशों के बीच विश्वास बनाये रखने की रणनीति तैयार की है उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाके में रेलवे हवाई यात्रा और सड़क सम्पर्क में सुधार किया जा रहा है और सरकार नियमित रूप से स्थिति की समीक्षा कर रही है राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में राजभवन में स्थापित स्वामी विवेकानन्द की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया इस अवसर पर श्री नाईक ने कहा कि स्वामो विवेकानन्द के विचार नये विचारों को ऊर्जा प्रदान करते हैं उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुम्बकम के माध्यम से उन्होंने पूरा विश्व एक परिवार है की नई अवधारणा रखी राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द ने यह बात उस समय कही थी जब विकसित देश भारतीयों के प्रति सम्मान जनक दृष्टि नहीं रखते थे इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय और वैदिक परम्परा के बारे में शिकागो के धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानन्द ने जो बात रखी थी इससे भारत के बारे में दुनिया की धारणा बदली श्री योगी ने कहा कि पूरा विश्व उन्हें प्राचीन धरोहर के संरक्षक के रूप में देखता है मुम्बई आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद को आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आतंकरोधी कार्रवाई विभाग ने गिरफ्तार किया है उसे अज्ञात स्थान पर ले जाया गया स्थानीय मीडिया के अनुसार हाफिज को आतंकरोधी न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए लाहौर से गुजरांवाला जाते समय गिरफ्तार किया गया हाफिज के खिलाफ कई मामले लंबित हैं हाफिज सईद के नेतृत्व में जमात उद दावा लश्करे तैयबा का अग्रणी संगठन है

अमरीका ने सईद को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान प्रशासन ने आतंकवाद को धन मुहैया कराने के संबंध में जमात उद दावा और लश्करे तैयबा के खिलाफ जांच शुरू कर दी थी सीबीआई ने आज पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके सहयोगियों के लखनऊ और इलाहाबाद सहित छह ठिकानों पर छापेमारी की केन्द्रीय जांच ब्यूरो के सूत्रों ने बताया है कि यह छापेमारी पिछले साल एक व्यापारी मोहित जायसवाल के अपहरण और उसे प्रताडित करने को घटना की जांच से संबंधित है

सोनभद्र ज़िले में भूमि विवाद को लेकर दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी और धारदार हथियारों के हमले में तीन महिलाओं सहित नौ लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गये हैं आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह घटना आज दोपहर करीब डेढ़ बजे घोरावल थानान्तर्गत उफ़ा गांव में हुई घटना की सूचना मिलते ही जिले के पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक को इस मामले की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने और सभी अभियुक्तों को गिरफ़्तार करने का निर्देश दिया है

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार गुरूवार को औपचारिक कार्य अध्यादेशों और विधेयकों के पुर्नस्थापन का काम होगा और उन्नीस जुलाई को विधायी कार्य किये जायेंगे बीस इक्कीस जुलाई को अवकाश के बाद बाईस जुलाई को विधायी तथा अन्य काम होंगे जबकि तेईस जुलाई को वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिये अनपूरक मांगे पेश की जायेंगी पच्चीस जुलाई को अनुपूरक मांगों पर चर्चा के बाद उस पर विचार तथा पारण किया जायेगा सत्र छब्बीस जुलाई तक जारी रहेगा वाराणसी में सावन के पहले दिन आज काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिये शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी चन्द्र ग्रहण समाप्त होते ही गंगा घाट पर श्रद्वालुओं ने स्नान किया और सुबह से ही पंक्तिबद्ध होकर बाबा विश्वनाथ के दरबार में माथा टेका इस बीच आसपास का माहौल हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजायमान रहा सावन के पहले दिन के साथ ही वाराणसी में कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई जिला प्रशासन ने सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ के मददेनज़र विशेष तैयारी की है पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की चार कतारें लगाई जायेंगी और दर्शन का क्रम चौबीस घंटे जारी रहेगा इसके अलावा गर्भगृह के बाहर से ही जलाभिषेक की व्यवस्था की गई है अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी सम्मेलन लखनऊ में जारी है

एक रिपोर्ट इस सालाना बैठक में पुलिस के जवानों की न सिर्फ शारीरिक दक्षता बेहतर होगी बल्कि वे अपनी वैज्ञानिक कुशलताओँ और दिमागी मजबूती को भी प्रदर्शित कर सकेंगे

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ सर्वोच्च न्यायालय ने बीएड बीटीसी के नतीजे से पहले टीईटी परीक्षा परिणाम को वैध ठहराया है शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को रदद कर दिया है जिसमें कहा गया था कि जिन लोगों का टीईटी रिजल्ट पहले आया और बीएड अथवा बीटीसी का परीक्षा परिणाम बाद में घोषित किया गया उनका टीईटी प्रमाण पत्र वैध नहीं है न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा मुकेश कुमार शाह और एस अब्दुल नज़ीर की पीठ ने उच्च न्यायालय के तीस मई दो हज़ार अट्ठारह के निर्णय को गलत ठहराते हुए टीईटी पास करने के बाद बीएड या बीटीसी की डिग्री हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक बनने के लिये पात्र क़रार दिया है द्र्घटना मेरठ मेरठ ज़िले में आज एक सड़क दुर्घटना में चार युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई यह हादसा परतापुर इलाक़े में उस समय हुआ जब मोटर साइकिल पर सवार चारों युवक एक ट्रक से टकरा गये पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है